राज्यपाल कल्याण सिंह ने प्रदेश के आठ विश्वविद्यालयों में नये कुलपतियों की नियुक्ति के आदेश जारी किये

डॉ निशंक ने आज नयी दिल्ली में निष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए यह जानकारी दी निष्ठा कार्यक्रम के तहत स्कूलों के प्राचायों और अध्यापकों का समग्र विकास किया जायेगा

इसके पहले चरण में तीस लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जायेगा

चिदम्बरम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना न्यायमूर्ति एम शांतनागौडर और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ के समक्ष याचिका दाखिल की थी पीठ ने कहा था कि तत्काल सुनवाई के लिए मामले को प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के समक्ष पेश किया जायेगा लेकिन आज ये मेन्शन नहीं हो पाई इस बीच प्रवर्तन निदेशालय ने आई एन एक्स मीडिया धनशोधन मामले में चिदम्बरम के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया कांग्रेस नेता के खिलाफ सतर्कता नोटिस सभी बस अड्डों रेलवे स्टेशनों हवाई अड्डों बन्दरगाहों और सभी पुलिस थानों पर भेज दिया गया है

राज्यपाल द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कोटा के वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में रतन लाल गोदारा जोधपुर के आयुर्वेद विश्वविद्यालय में अभिमन्यु कुमार और रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में डॉ अनुला मौर्य को कुलपति बनाया गया है श्री सिंह ने राज्य के पांचों कृषि विश्वविद्यालयों में भी कुलपतियों की नियूक्ति के आदेश जारी किये हैं कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में रक्षपाल सिंह उदयपूर में नरेन्द्र सिंह राठौंड कोटा में दिनेश चन्द्र जोशी जोधपूर में बागड़ा राम चौधरी और जोबनेर में जीत सिंह सन्धू को कुलपति नियुक्त किया गया है

दो घायलों को बाडमेर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है दुर्घटना की सूचना के बाद प्रभारी सचिव वीणा प्रधान जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने अस्पताल पहुंचकर जवानों की हालत की जानकारी ली

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त विभाग के इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है

जलदाय विभाग के प्रमुख शासन सचिव संदीप वर्मा की अध्यक्षता में आज जयपुर में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्णय किया गया

इससे अजमेर में वर्तमान में हर दो दिन में एक बार पानी की सप्लाई हो पायेगी

आज जयपुर में मौसमी बीमारियों की समीक्षा बैठक में श्री शर्मा ने मानसून को ध्यान में रखते हुए मच्छरों से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिये सभी आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिये उन्होंने पानी जमा होने वाले स्थानों पर तुरंत प्रभाव से लार्वारोधी अभियान चलाने के निर्देश दिये दोपहर बाद श्री शर्मा ने एसएमएस अस्पताल का दौरा भी किया और वहां स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण किया मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि एसएमएस अस्पताल पर मरीजों का दबाव कम करने के लिये इससे सम्बद्ध अस्पतालों में सुविधाएं बढाई जायेगी

इसके बन जाने से आसपास के पन्द्रह गांवों के छात्र छात्राओं को खेल सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी झे झन् जिले में आज राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के झूंझनूं जिला सचिव ने विभिन्न अस्पतालों का निरीक्षण किया इस दौरान कई जगह स्टाफ अनुपस्थित मिला निरीक्षण दल ने विभिन्न योजनाओँ के रिकॉर्ड भी खंगाले

घायल बच्चों में से तीन को जयपुर के सवाईमानसिंह अस्पताल लाया गया है जबकि बाकी बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई